नवाचार अनुसंधान डिजाइन विकास और उद्यमशीलता के लिए आवश्यक माहौल तैयार किया जाएगा

कहा अस्पतालों में वेंटीलेटर्स की पर्याप्त व्यवस्था स्निश्चित की जाये राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक इक्यावन हजार तीन सौ चौंतीस रोगी स्वस्थ हुए

प्रदेश के बारह जिले बाढ़ की चपेट में तीन नदियां सरय राप्ती और शारदा खतरे के निशान के पार

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले को कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही हमें हमेशा से गर्व रहा हैकि बीती सदियों में हमने दुनिया को एक से बढ़कर एक बेहतरीन साइंटिस्ट बेहतरीन टैक्निशियन्सटैक्नोलॉजी एंटस्प्राइज लीडर्स हमने दिए हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतके ज्ञान के साथ साथ भारत की एकता को भी सुदृढ़ करेगी अब एजुकेशन पॉलिसी में जो बदलावलाए गए हैं उससे भारत की भाषाएं आगे बढ़ेंगी उनका और विकास होगा ये भारत के ज्ञानका तो बढ़ाएगी ही भारत की एकता को भी बढ़ाएगी हमारी भारतीयभाषायों में कितनी ही समुद्ध रचनाएं हैं सदियों का ज्ञान हैअनुथव है इन सबका अब और विस्तार होगा इससे विश्व का भी भारत की समुद्ध भाषाओं से परिचय होगा और एक बहुत बढ़ा लाभ ये होगाकि विद्यार्थियों को अपने शुरूआती वर्षों में अपनी ही भाषा में सीखने का अवसर मिलेगा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन सोमवार तक चलेगा शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का यह चौथा संस्करण है इसका आयोजन देश के युवाओं को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि समेकित कमान और नियंत्रण केन्द्र के माध्यम से बेहतर समन्वय बनाकर मरीजों को समी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जायें मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रदेश में प्रतिदिन एक लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि ये टेस्ट आरटीपीसीआर टूनैट मशीन और रैपिड एन्टीजन विधि से किए जाएं रैपिड एन्टीजन टेस्ट की संख्या को बढ़ाए जाने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए प्रत्येक जनपद में पर्याप्त संख्या में जांच किट उपलब्ध करायी जाएं उन्होंने प्रदेश के अस्पतालों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वेंटिलेटर्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए श्री योगी ने कहा कि बीआर डी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर और झांसी मेडिकल कॉलेज को तत्काल अतिरिक्त वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जाएं मुख्यमंत्री ने चिकित्साकर्मियों को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए

इस दौरान दुकानदारों को कोविड नाइन्टीन के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले तीन वर्षों की तरह इस वर्ष भी रक्षा बंधन के पर्व पर राज्य सड़क परिवहन निगम की सभी श्रेणी की बसों में महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देने के निर्देश दिए हैं इसके तहत आज मध्यरात्रि से कल मध्यरात्रि तक चौबीस घंटों के लिए महिलाओं को सरकारी बसों में निशुल्क यात्रा करने की सुविधा उपलब्ध होगी भारत में विश्व की तुलना में कोविड नाइन्टीन के मरीजों की मृत्यु दर सबसे कम दर्ज की गई है देश में मृत्यु दर घट कर दो दशमलव एक पांच प्रतिशत रह गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक दस लाख चौरानबे हजार तीन सौ चौहत्तर लोग ठीक हुए हैं और पिछले चौबीस घंटों के दौरान छत्तीस हजार पांच सौ उन्सठ लोगों के ठीक होने की पुष्टि हुई है इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की दर चौंसठ दशमलव पांच दो प्रतिशत हो गई है मंत्रालय ने कहा है कि कल एक दिन में सबसे अधिक सत्तावन हजार एक सौ अट्ठारह कोविड नाइन्टीन के नए मरीज सामने आए हैं अब क्ल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर सोलह लाख पन्चानबे हजार नौ सौ अटठासी हो गई है इस समय देश में पांच लाख पैंसठ हजार एक सौ तीन लोगों का इलाज चल रहा है एक दिन में सात सौ चौंसठ लोगों की मौत की पुष्टि के साथ देश भर में मरने वालों की संख्या छत्तीस हजार पांच सौ ग्यारह हो गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के तीन हजार आठ सौ चालीस नए मामले सामने आए हैं राज्य में इक्यावन हजार तीन सौ चौंतीस रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं और छत्तीस हजार सैंतीस रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सैंतालीस लोगों की मृत्यु के साथ ही बीमारी से अब तक जान गंवाने वालों की कुल संख्या एक हजार छः सौ सतहत्तर हो गयी है उधर प्रदेश में एक दिन पूर्व तिरानवे हजार तीन सौ इक्यासी कोविड नमूनों की जांच की गयी अब तक क्ल चौबीस लाख अट्ठारह हजार आठ सौ नौ नमूनों की जांच की चकी है प्रदेश के वित्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य के बारह जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं इन जिलों में लोगों के आवागमन के लिए प्रशासन की ओर से नावों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है श्री खन्ना कल लखनऊ में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बाढ़ से कम से कम नुकसान हो और अधिकतम लोगों को राहत पहुंचायी जा सके श्री खन्ना ने बताया कि प्रदेश की तीन नदियां इस समय उफान पर हैं सरयू घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज तथा अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में लगातार बढ़ाव पर है और यहां नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती नदी बलरामपुर सिद्वार्थनगर और गोरखपुर के बर्डघाट में बढ़ाव पर है और खतरे के निशान पर बह रही है शारदा नदी लखीमपुर खीरी के पलियाकलां में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है प्रदेश के जो बारह जिले बाढ़ से प्रभावित हैं उनमें बाराबंकी अयोध्या क्शीनगर गोरखपुर बहराइच आजमगढ गोण्डा संतकबीरनगर सिद्वार्थनगर बलरामपुर लखीमपुर और सीतापुर शामिल हैं श्री खन्ना ने कहा कि इन जिलों के तीन सौ इकतीस गांव बाढ़ की चपेट में हैं यहां करीब एक लाख नब्बे हजार की आबादी निवास करती है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल विद्यार्थी विज्ञान मंथन दो हजार बीस इक्कीस का श्भारंभ किया यह कार्यक्रम कक्षा छः से ग्यारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने की पहल है इस अवसर पर डॉक्टर हर्षक्धन ने कहा कि यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिमाओं की पहचान करने का मंच है उन्होंने कहा कि ये छात्र नए भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगे केंद्रीय मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि यह नीति भारत को विश्व स्तरीय ज्ञान का केंद्र बनाने में मददगार होगी तीन तलाक कानून का एक साल पूरा होने पर मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मुस्लिम महिलाओं ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा उनका कहना है कि तीन तलाक के नाम पर समाज में मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था तीन तलाक कानून बनाकर उनके साथ इंसाफ किया गया अलीगढ़ में भी मुस्लिम महिलाओं ने तीन तलाक कानून के एक वर्ष पूरा होने पर खुशी जाहिर की राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह का कल सिंगापुर के अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया

श्री सिंह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे और बीते कई माह से सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है